मख्यमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क कोविड नाइंटीन का टीका उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है श्री बघेल ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है इसलिए इसे प्राथमिकता से पहले चरण में शामिल करते हुए कोविड नाइंटीन का निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया जाए मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति सतत् सहयोग के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से जुड़े प्रकरणों और उससे होने वाली मृत्यू की रोकथाम के लिए कोविड नाइंटीन का टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संकेत दिया है कि निकट भविष्य में वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है जो मानवता के लिए बड़ी उपलब्धि है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टीकाकरण के लिए राज्य के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा पुलिस बल राजस्व विमाग शहरी विकास विभाग ग्रामीण पंचायत विभाग के फंट लाईन वर्कर्स और मीडिया कर्मियों जैसे कोरोना योद्वाओं को भी शामिल करने की योजना है वहीं प्रधानमंत्री को लिखे एक अन्य पत्र में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सरप्लस धान से एथेनाल उत्पादन करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है केन्द्रीय कृषि मंत्री केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते सदैव खुले हुए हैं कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने नईे दिल्ली के विज्ञान भवन में कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की श्री तोमर ने चर्चा के दौरान एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि किसानों के मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके वहीं केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसानों का कल्याण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले श्री जावड़ेकर ने कहा कि हर वर्ष कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा रहा है कृषि कानून कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आमदनीबढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने कृषि सुधारों से संबंधित कानून लागू किये हैं इनमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम कृषक मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम शामिल है

इस अधिनियम के जरिए राज्य कृषि उत्पादन विपणन संगठनों के तहत अधिसूचित बाजारों के परिसर के बाहर अवरोध मुक्त अंतर राज्य और इंट्रा राज्य व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा यह अधिनियम कृषि उपज विपणन समिति कानून के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं करता

इसके जरिए किसानों को अत्यध्रनिक तकनीकी हासिल होगी जिससे उनका उत्पादन बढ़ेगा और आय में वृद्धि होगी कृषि सुधार किसान बाईट छत्तीसगढ़ के दूर्ग जिले के धमधा विकासखंड के किसान नवीन जैन का कहना है कि कृषि सुधारों से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी

इस दौरान महासमूद जिले में सबसे अधिक बारह हजार भीट्रिक टन धान और सबसे कम दंतेवाडा जिले में इक्कीस मीटिक टन धान की खरीदी हई धान खरीदी के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है राज्य सरकार ने इस साल पहले लघू किसानों का धान खरीदी करने का निर्णय लिया है इस बीच राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से धान के परिवहन को रोकने के लिए विभिन्न जिलों में अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है दूर्ग के संभागायुक्त टीसी महावर और आईजी विवेकानंद सिन्हा ने छईखदान विकासखंड के साल्हेवारा चेक पोस्ट का निरीक्षण किया उन्होंने पड़ोसी राज्यों से अवैध रूप से धान परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए श्री महावर ने खाद्य अधिकारियों से समितियों में बारदानों की उपलब्धता और टोकन संबंधी जानकारी भी ली इधर कबीरधाम जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बीती रात चिल्फी के अंतर्राज्यीय बैरियर का निरीक्षण किया उन्होंने बैरियर में तैनात कर्मचारियों को धान का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए चिल्फी में बाईस चेक पोस्ट बनाए गए हैं उधर राजनांदगांव जिले में तहसीलदार ने धौराभाटा के कोचियें के घर में दबिश देकर एक सौ छियासी बोरा धान जब्त किया है इस धान को किसान की पर्ची के आधार पर बेचने की तैयारी की जा रही थी इस बीच महासमुंद जिले की सरकड़ा सोसायटी में धान खरीदी नहीं हो पाई इससे नयापारा लहरोद और सरकड़ा के सैकड़ों किसानों ने धान खरीदी केन्द्र में ताला जड़कर विरोध जताया गौरतलब है कि शासन की ओर से इस साल ग्राम परपटपाली में धान खरीदी केन्द्र शुरू किया गया है इसका किसान विरोध कर रहें है किसानों की मांग है सरकडा सोसायटी में धान खरीदी की जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि पिछले साल खरीदे गए धान की चौथी किश्त और दो वर्ष के बकाया चौदह हजार करोड़ रूपए का भूगतान किसानों को कब तक किया जाएगा श्री मृणत ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ भेदभाव बरतने का आरोप लगाया निजी मेडिकल कालेज प्रवेश प्रदेश के द्रस्थ अंचल के नीट क्वालिफाई विद्यार्थी जो किसी वजह से काउंसलिंग के लिए निर्घारित समय पर अपना पंजीयन नही करा सके हैं उन्हें निजी कॉलेजों में पेमेंट सीट पर प्रवेश दिया जाएगा यह दाखिला एमबीबीएस के लिए निजी कॉलेजों की पेमेंट सीट पर किया जाएगा इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के द्रस्थ आदिवासी अंचलों के ऐसे सभी बच्चों के एमबीबीएस में दाखिले के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद दंतेवाड़ा के कलेक्टर द्वारा इन छात्र छात्राओं को निजी कॉलेजों में दाखिला देने की कार्रवाई की जा रही है गौरतलब है कि दंतेवाड़ा जिले के सत्ताईस छात्र छात्राएं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है लेकिन नेटवर्क समस्या के चलते प्रथम काउंसलिंग में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका था जिला प्रशासन ने इन छात्रो का पंजीयन कराने का प्रयास किया लेकिन ये छात्र प्रवेश से वंचित रह गए राज्य में पंजीयन के लिए द्वितीय अवसर नहीं होने के कारण उनका पंजीयन नहीं कराया जा सका था मुख्यमंत्री आईआईटी भूमिप जन मुख्यमंत्री भूपेश बर्घेल ने आज भिलाई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शैक्षणिक क्षेत्र कॉरीडोर के भूमिपजन और विभिन्न भवनों के सपर स्ट्रेक्वर की आधारशिला रखी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आईआईटी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा जो यहां के लौह आधारित उद्योगों के साथ ही धान आधारित ऐथेनॉल उद्योगों के लिए भी लाभकारी साबित होगा श्री बघेल ने कहा कि आईआईटी को ऐसे उद्योगों में कम लागत पर उत्पादन कैसे हो इस पर रिसर्च करनी चाहिए मुख्यमंत्री ने अपने दुर्ग प्रवास के दौरान आज नगर में छत्तीसगढ़ी लोककला मार्ग का लोकार्पण भी किया गृह मंत्री बैठक प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने माओवाद प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों को तनाव मुक्त होकर कार्य करने की सलाह दी है राजधानी रायपुर में गह विमाग से जुडे अधिकारियों की बैठक के दौरान गहमंत्री ने बीते तीन दिनों में प्रदेश के जवानों द्वारा किए जा रहे आत्महत्या के प्रकरणों की जानकारी ली उन्होंने शिविरों में रह रहे जवानों के खूदकृशी के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वे शिविरों में खेलकृद का आर्योजन मेडिकल चेकअप और जवानों की लगातार काउंसलिंग करते रहे गृहमंत्री ने अधिकारियों को शिंविरों में रात रूककर जवानों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने की बात भी कही उन्होंने स्पंदन कार्यक्रम के तहत सभी जवानों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दिए इस बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू डीजीपी डीएम अवस्थी सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे

राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दो लाख चालीस हजार को पार कर गई है वहीं प्रदेश में अब तक कोविड नाइंटीन के वजह से करीब दो हजार नौ सौ लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस बीच खबर मिली है कि पूर्व मंत्री और विधायक सत्यनारायण शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं इस बात की जानकारी श्री शर्मा ने ट्वीट की माध्यम से दी है वहीं बलरामपुर रामानुंजगंज जिले के वाड्रफनगर पुलिस चौकी में बीस पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं इनमें जिला पुलिस बल के साथ ही छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवान भी शामिल हैं इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है

उन्होंने एक प्रकरण की सनवाई के दौरान कार्यस्थल पर जानबुझकर प्रताड़ित करने के एक मामले की जांच कमेटी द्वारा कराए जाने की बात कही आज प्रस्तुत प्रकरणों में शारीरिक शोषण मानसिक प्रताड़ना दहेज प्रताड़ना संपत्ति विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई श्रीमती नायक ने आयोग की नोटिस को गंभीरता से नहीं लेने वाले शासकीय सेवकों को पूलिस अभिरक्षा में आयोग के समक्ष उपस्थित करने के निर्देश दिए दूर्घटना कोंडागांव जिले में बीती रात चारपहिया एक वाहन और ट्रक के बीच हुई टक्कर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है ये सभी लोग कोंडागांव जिले के ग्राम लंजोड़ा में एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग तीस के समीप जोबा गांव के पास हआ ये सभी लोग बीजापुर के रहने वाले थे इसी जिले के केशकाल घाट में एक ट्रेलर के पलटने से छह घंटे तक आवागमन बाधित रहा इससे दोनों ओर वाहनों की कतार लगी रही पुलिस और जिला प्रशासन की पहल पर आवागमन सुचारू हो पाया माओवादी वारदात सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने टिफिन बम नक्सली वर्दी और पिट्टू समेत कई माओवादी सामग्री बरामद की है पुलिस अधीक्षक कन्हैया लाल धुव ने बताया कि पिछले दिनों मुलेर के जंगलों में सीआरपीएफ एसटीएफ और डीआरजी के जवान सर्विंग पर निकले थे इस दौरान जवानों को देखकर माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए वहीं घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने माओवादी सामग्री बरामद की संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देश पर कोविड नाइंटीन के संदर्भ में कैदियों की पैरोल अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ाई गई है प्रदेश में अभी एक हजार तीन सौ अड़तालीस बंदी पैरोल पर हैं विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर कल समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रदेशमर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक संचालक कृषि परीक्षा आगामी चौदह दिसंबर को रायपुर के पांच परीक्षा केन्द्रों में में आयोजित की जाएगी संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सेंद्रल आर्म्ड प्रलिस फोर्स में सहायक कमांडेट भर्ती परीक्षा बीस दिसंबर को रायपुर के बारह परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में विद्यार्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दस दिसंबर तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं बस्तर जिला पुलिस ने शहर के विभिन्न एटीएम मशीनों में पिछले तीन महीनों के दौरान करोड़ों रूपए गायब करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से दो लाख रूपए भी बरामद किए गए हैं

इस मामले में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी समेत आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी बिलासपुर पुलिस ने लोगों के खातों से ऑनलाईन ठगी करने के मामले में दो आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है रायगढ़ पुलिस ने रकम दोगुना करने के नाम पर ग्रामीणों से बारह लाख रूपए की ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है

जांजगीर चांपा जिले के ँ कल्याणपूर गांव में एक युवक की नहर में गिरकर मौत हो गई

राजनांदगांव जिले में मनरेगा के तहत संविदा पर काम करने वाले रोजगार सहायकों ने नियमितिकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा क्षेत्र के पोड़ीदल्हा गांव में घूम रहे मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने क्रोकोडायल पार्क पहुंचाया